शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती ही एक मात्र विकल्प है और इस पद्धति से किसानों की आय दोगुनी हो सकती है पालेकर ने कहा कि रासायनिक खादों से भूमि की उर्वरकता खत्म हो गई है जिससे उत्पादन कम हो रहा है उन्होंने कहा कि विदेशी पूंजीवादी कंपनियों ने हरित क्रांति के नाम पर भारत को लूटा और रासायनिक खादों के इस्तेमाल से ग्लोबल वार्मिंग तेजी से हो रहा है

उन्होंने किसानों से प्राकृतिक कृषि को अपनाने का आहवान किया है मुख्यमंत्री इस बीच पदमश्री सुभाष पालेकर ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से भेंट की मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को प्राकृतिक कृषि राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है और जैविक कीटनाशकों को अपनाया जा रहा है

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अनाधिकृत कीटनाशक बेचने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान को मेरठ स्थानातंरित न करने का रक्षा मंत्री से आग्रह किया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कृलदीप राठौर की अध्यक्षता में पार्टी नेताओं ने आज शिमला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत के माध्यम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा कुलदीप राठौर ने कहा कि भारतीय सेना ने आरट्रैक को शिमला से मेरठ स्थानातंरित करने की योजना बनाई है जो प्रदेशहित में नहीं है उन्होंने कहा कि इस कमान से प्रदेश की भावनाएं जुड़ी हैं और ये शिमला की शान है इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में सेब में बढ़ रहे स्कैब रोग से भी अवगत करवाया और इसकी रोकथाम के लिए सरकार को उचित निर्देश देने का आग्रह किया राज्यपाल ने कांग्रेस नेताओं को उनकी मांगे पूरी करने का भरोसा दिलाया

जनमंच कार्यकम के प्रदेश संयोजक नरेन्द्र बरागटा ने आज केलंग में एक समीक्षा बैठक में बताया कि लोगों की समस्याएं घरद्वार पर निपटाने के लिए ये कार्यकम शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि लाहौल स्पिति जिले में संचार सेवाओं को दुरूस्त करने का मामला मुख्यमंत्री के माध्यम से केंद्र सरकार से उठाया जाएगा बजट लोकसभा में कल पेश होने वाले केंद्रीय बजट से हिमाचल वासियों को खासी उम्मीदें हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सदन में पेश करेंगी सोलन में वरिष्ठ नागरिकों ने हमारे प्रतिनिधि से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार कर मुक्त पैंशन का प्रावधान करेगी साथ ही बसों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए भी कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए विक्रमादित्य सिंह प्रदेश कांग्रेस ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है प्रदेश पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि इस निर्णय से कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा उन्होंने कहा कि सरकार ने इस निर्णय से पहले कर्मचारी संगठनों से राय नहीं ली और ये फैसला तर्क संगत नहीं है कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को उठाएगी अतिक्रमण उच्च न्यायालय के आदेश पर नाहन शहर में कड़ी स्रक्षा के बीच अवैध निर्माण को हटाने का अभियान आज से शुरू हो गया है नगर परिषद ने जेसीबी व मजदूरों की मदद से अवैध कब्जों को हटाया अवैध कब्जे हटाने के समय किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने पहले ही लोगों के हथियार पुलिस थाने में जमा करवा दिए हैं

कई स्थानों पर भारी वर्षा से संपर्क मार्गों पर यातायात अवरूद्व हुआ है सिरमौर जिले में नाहन पावंटा राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बोहलियों के समीप खड्ड में अधिक पानी आने से सुबह करीब दो घंटे यातायात अवरूद्ध रहा इस वर्षा से प्रदेश के तापमान में काफी गिरावट आई है